राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बागवानों से सेब उत्पादन के क्षेत्र में शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आहवान शिमला के बहुचर्चित युग अपहरण व हत्या मामले में तीनों आरोपी दोषी करार प्रदेश में भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित भूस्खलन से कई स्थानों पर सड़कें अवरूद्ध मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सभी औपचारिकताओं को जल्द पूरा करके चम्बा में सीमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां भी सुनिश्चित होंगी वे आज चम्बा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में मिंजर मेले में हुई विभिन्न स्पर्धाओं के प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्बा मैडिकल कॉलेज में जल्द ही सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी इसके अलावा उन्होंने बाड़ी में पश् औषधालय और राजकीय प्राथमिक पाठशाला दावेरी को स्त्रोन्नत करने की घोषणा भी की इस बीच मुख्यमंत्री ने चम्बा में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना का शुभारंभ करने के बाद एक जनसभा में कहा कि प्रदेश सरकार समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण व विकास के प्रति वचनबद्ध है

जयराम ठाकुर ने कहा कि उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के बाद चम्बा में गुज्जर भवन का निर्माण किया जाएगा राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष राजबली ने मुस्लिमों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सेब उत्पादन के क्षेत्र में शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने का फल उत्पादकों से आहवान किया है वे आज शिमला जिले में रोहड् क्षेत्र के बाघी गांव में आयोजित दो दिवसीय किसान सम्मेलन व प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे थे राज्यपाल ने कहा कि इस पद्धति को अपनाने से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बागवानों की आय भी दोगुनी होगी

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि राज्य बनने से प्रदेश के किसानों को प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और देश भर की मंडियों में उनके उत्पाद के लिए अलग मांग बनेगी बाद में राज्यपाल ने वाद विवाद सत्र में भाग लिया और बागवानों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए महें द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के दौरान आज मंडी जिले के लोअर बरच्छवाड़ ठारू डबरोग भवाणी और बदार सहित विभिन्न गांवों में जन समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र में चार सौ करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का सबसे बड़ा मशरूम प्रोजैक्ट स्थापित किया जाएगा इससे स्थानीय जनता को रोजगार सहित आय के साधन भी उपलब्ध होंगे

महेंद्र सिंह ठाकुर ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आहवान भी किया गोविंद ठाकुर प्रदेश के जंगलों में सूखे व गिरे हुए पेड़ों के लिए एक नई नीति तैयार की गई है वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने शिमला में बताया कि इससे वन विभाग को विभागीय कार्यो के लिए निशुल्क इमारती लकड़ी मिलेगी और सरकार की आय भी बढ़ेगी उन्होंने कहा कि इससे पहले गिरे पेड़ों को गैर किफायती घोषित कर नजर अंदाज किया जाता रहा है जिससे वन निगम को महंगे दामों पर लकड़ी खरीदनी पड़ती थी वन मंत्री ने बताया कि नीति के तहत गैर किफायती टिम्बर का इस्तेमाल विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाएगा इस बीच वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा बस अड्डों पर दिव्यांगों को विशेष सुविधाएं दी जाएगी उन्होंने कहा कि बसों में यात्रा के दौरान और बस अड्डों पर सामान्य तथा विशेष श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम बस स्टैंड में व्हील चेयर और प्राथमिक चिकित्सा किट्स उपलब्ध करवाएगा गोविंद ठाकुर ने कहा कि निगम द्वारा शिमला मंडी मनाली ओर कांगड़ा बस अड्डों पर सेनेटरी वेंडिंग मशीनें भी स्थापित की जाएगी ताकि महिलाओं को इनका लाभ मिल सके जायका प्रोजैक्ट प्रदेश में वनों के इको सिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार प्रोजैक्ट के गर्वनिंग बोर्ड की एक बैठक आज शिमला में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता में हुई

ये परियोजना प्रदेश के छः जिलों मंडी कुल्लू शिमला बिलासपुर किन्नौर और लाहौल स्पीति में कार्यान्वित की जाएगी अनुराग लोकसभा में मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में जापान के सांसदों के एक दल के साथ बैठक की इस दौरान भारत व जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई

उन्होंने कहा कि भारत जापान के मजबूत द्विपक्षीय संबंध देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मददगार साबित होंगे युग हत्याकांड शिमला के बहुचर्चित युग अपहरण व हत्या मामले में आज जिला व सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है

मामले की सुनवाई के दौरान इन तीनों आरोपियों को कड़े सुरक्षा घेरे के बीच अदालत में पेश किया गया अदालत का फैसला आने के बाद युग के पिता विनोद कुमार ने कहा कि वे फैसले से संतुष्ट है और तीनों दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए

नेहरू युवा केन्द्र व यूको आरसीटी के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित युवाओं ने आज स्वच्छता अभियान चला कर कूड़े कचरे के निपटान बारे जानकारी दी वीओ प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि इसे सफल बनाया जा सके ऐसा ही एक प्रयास सोलन में नेहरू युवा केन्द्र के अधिकारियों व कर्मचारियों ने यूको आरसीटी के प्रशिक्षणार्थियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया

नेहरू युवा केन्द्र की समन्वयक ईरा प्रभात के मुताबिक युवाओं को स्वच्छता बारे जागरूक किया गया ताकि वे अपने अपने गांव में लोगों को साफ सफाई के बारे प्रेरित करे सकें

भारी बारिश के चलते सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है और कई सड़क मार्ग भू स्खलन के कारण बंद हो गए हैं शिमला जिले में ठियोग हाटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ी चट्टान गिरने से यातायात अवरूद्व हो गया है और शिमला से रोहडू के लिए आने जाने वाले वाहनों को नारकण्डा से चलाया जा रहा है जिला पुलिस अधीक्षक ओमापति जमवाल ने बताया कि कोटखाई के निहारी में ये रास्ता बंद हुआ है जो कल मंगलवार तक बहाल होने की संभावना है इस मार्ग के बंद होने से सेब बागवानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं ऊना जिले में मूसलाधार बारिश से कई स्थानों पर लहासे गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं बारिश से मक्की की फसल को नुकसान हुआ है जिससे किसान चिंतित हैं अन्य जिलों मण्डी हमीरपुर सिरमौर कांगड़ा ऊना के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का समाचार है राजधानी शिमला व आस पास के इलाकों में वर्षा का कम दिन भर जारी रहा

विभाग ने आज व कल मध्यवर्ती व निचले मैदानी इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है मांग कांगड़ा जिले के दूर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल के लोगों का एक प्रतिनिधिमण्डल आज अपनी विभिन्न समस्याओं के संबंध में धर्मशाला में प्रशासन से मिला उन्होंने कहा कि राशन न मिलने और क्षेत्र में एक पुली के टूटने से गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया है और प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है लोगों ने कहा कि इस संबंध में प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया मगर इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सम्मान प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के नव नियुक्त कुलपति प्रोफेसर सिंकदर कुमार ने यूजीसी नेट उत्तीर्ण करने वाले पांच दृष्टिबाधित और दो अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया उन्होंने विद्यार्थियों की प्रतिभा हिम्मत और लग्न की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये विद्यार्थी समाज के लिए प्रेरणा स्त्रोत है कुलपति सिकंदर कुमार ने विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य और विकलांगता मामलों के नोडल अधिकारी अजय श्रीवास्तव के प्रयासों की भी सराहना की

इसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खटनोल की लड़कियां एथेलेटिक्स में ओवर ऑल चैम्पियन रहीं स्कूल की दिशा शर्मा एक सौ व दो सौ मीटर दौड़ डिस्कस थ्रो और रीले दौड़ में प्रथम स्थान पर रही